प्रदेश में गन्ना के मूल्य में चालू पेराई सत्र के दौरान कोई बढ़ोत्तरी नहीं

केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि दोनों को एक द्रसरे से जोड़ना गलत है क्योंकि नागरिक रजिस्टर का स्वरूप अभी तय नही हुआ है

अभी न उसका कोई ढांचा बना है न कोई रूपपेखा बनी है

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा सरकार ने आम लोगों से इस कानून को लेकर हो रहे दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होने की अपील की है यह कानून दो हजार चौदह तक भारत में आकर बस गए पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में है यह किसी की नागरिकता वापस नहीं लेता सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कोरी अफवाह है कि नागरिकता संबंधी दस्तावेज जमा कराने होंगे अन्यथा लोगों को वापस भेज दिया जाएगा केन्द्र ने यह भी कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की अभी घोषणा नहीं की गई है जब इसकी घोषणा की जाएगी तो नियम और दिशा निर्देश इस तरह बनाए जाएंगे कि किसी भी भारतीय नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो पटना के फुलवारीशरीफ में राजद के बिहार बंद के दौरान हुये उपद्रव के मामले में एक सौ एक नामजद अभियुक्तों में से चालीस को गिरफ्तार कर लिया गया है इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है इधर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला प्रशासन को बिहार बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है साथ ही उपद्रव में शामिल आसामाजिक तत्वों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज करने को भी कहा गया है अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में उन्नीस प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं इधर औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में अब तक तैंतालीस लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है मुंगेर में हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में राजद विधायक विजय कुमार विजय सहित पच्चासी लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है पुलिस ने चार प्राथमिकियां दर्ज की है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत भवन निर्माण विभाग ने अब तक तीन हजार आठ सौ अठारह सरकारी भवनों में जल संरक्षण यंत्रों की स्थापना कर दी है सबसे अधिक पटना और नालंदा जिले में ऐसे यंत्र लगाये गये हैं विभागीय सूत्रों ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शेष बचे दो हजार दो सौ भवनों में अगले एक महीने के भीतर जल संरक्षण यंत्र लगा दिये जायेंगे पटना और मुजफ्फरपूर की वायू ग्रणवत्ता एक बार फिर अत्यंत खराब श्रेणी में आ गया है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना की वायु गुणवत्ता कल देशभर में सबसे खराब रही वहीं मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर रहा झारखंड विधानसभा की इक्यासी सीटों के लिए मतों की गिनती का काम जारी है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने आकाशवाणी को बताया कि आरंभिक रूझान अब से थोड़ी देर बाद मिलने शुरू हो जायेंगे सभी परिणाम देर शाम तक आने की सम्भावना है प्रदेश में गन्ना के मूल्य में चालू पेराई सत्र के दौरान कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है पिछले वित्तीय वर्ष की ही दर पर चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद की जायेगी अभी उत्तम प्रजाति के गन्ने की कीमत तीन सौ दस रूपये प्रति क्विंटल सामान्य की दो सौ नब्बे रूपये और निम्न कोटि के गन्ने की दो सौ पैंसठ रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार सुगर मिल्स एसोसिएशन के शिष्टमंडल की हुई बैठक में यह फैसला किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल से सत्ताईस दिसम्बर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तेज बर्फीली हवा चलने की सम्भावना है विभाग ने अपने प्रर्वानुमान में कहा है कि अगले चार से पांच दिनों तक लोगों को कनकनी से राहत नहीं मिलेगी सुबह और रात में घना कोहरा छाया रहेगा तीस और इकतीस दिसम्बर को तापमान में और गिरावट आने की सम्भावना है इधर कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है नई दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस समेत एक दर्जन ट्रेन अपने निर्धारित समय से एक घंटे से लेकर साढ़े सात घंटे तक की देरी से चल रही हैं वहीं कल पटना से उड़ान भरने वाली दो विमानों को रद्द कर दिया गया इधर ठंड के कारण पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रमुख अस्पतालों में हृदयाघात के मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बर्खास्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट राकेश राय के मुंगेर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान ब्यूरो की टीम को कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं प्रदेश के मवेशियों खास कर गाय और भैंस में एक नई संक्रामक बीमारी लम्पी स्कीन डिजीज का प्रकोप देखा जा रहा है यह बीमारी पड़ोसी राज्य झारखंड के रास्ते आयी है

इस बीमारी में पशुओं को तेज बुखार आता है और फिर उनके चमड़े के अंदर गांठ बनने लगती है बाद में यह गांठ घाव का रूप ले लेता है केन्द्र द्वारा जारी एडवाईजरी में कहा गया है कि ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सकों से सम्पर्क किया जाये बीसीआई द्वारा आयोजित कूच बिहार अंडर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने गोवा पर निर्णायक बढ़त बना ली है बिहार जीत से मात्र एक विकेट दूर है बिहार के चार सौ उनतालीस रनों के जवाब में गोवा की टीम के नौ विकेट एक सौ चालीस रन के स्कोर पर गिर चूके हैं बिहार की ओर से सबसे अधिक अनूज राज ने पांच विकेट लिये वहीं सीके नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम को ओड़िशा के हाथों हार का समाना करना पड़ा है बांका में सम्पन्न सत्तरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पटना ने दानापुर रेल को तीन शून्य से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव में एक पूर्व मुखिया की हत्या कर भाग रहे एक अपराधी को आक्रोशित लोगों ने पीट पीट कर मार डाला गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर एक ट्रक और दो पिकअप वैन से सत्तर लाख रूपये मूल्य की शराब बरामद की है पटना के कदमक्आं थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर तीन लाख रूपये मूल्य का नकली कीटनाशक दवा बरामद की है इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर दिये गये बयानों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है सीएए से देश के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं हिन्दुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर भ्रम दूर किया कहा किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी दैनिक भास्कर की सुर्खी है दारोगा भर्ती परीक्षा में सेंटर से प्रश्न पत्र लेकर भागे कई अभ्यर्थी आयोग का दावा पेपर लीक नहीं प्रभात खबर ने लिखा है भारत ने जीती वेस्टइंडीज से लगातार दसवीं सीरिज राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है फल उत्पादन बढ़ाने की जरूरत दैनिक आज की सुर्खी है बंद मामले में तेजस्वी समेत सत्ताईस नामजद

प्रदेश में गन्ना के मूल्य में चालू पेराई सत्र के दौरान कोई बढ़ोत्तरी नहीं